कहा विश्व की प्रमुख शक्ति बनने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनानी होगी केन्द्रीय अत्यसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास के लिए कर रही है काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा लोगों के सम्मानजनक जीवन जीने में विज्ञान की है बड़ी भूमिका वैज्ञानिक आम आदमी के जीवन में व्यापक बदलाव लाने के लिए विकसित करे तकनीक लखनऊ में आज से तीन दिवसीय कृषि कुंम दो हजार अट्ठारह का हो रहा है शुमारम्म प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग से करेंगे उद्यादन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल ने कहा है कि भारत को अगर विश्व की प्रमुख शक्ति बनना है तो उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए कल नई दिल्ली में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित सरदार पटेल व्याख्यान माला में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे रहने से ही यह संभव हो सकता है श्री डोमाल ने कहा कि सरकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी कार्यक्रम से आज का समूचा परिदृश्य बदल सकता है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक और सामरिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अगले वर्ष तक देश को एक मजबूत स्थिर और निर्णायक सरकार चाहिए श्री डोमाल ने कहा कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर लोक लुभावन उपायों को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि जब तक निजी क्षेत्र मजबूत नहीं होगा भारत समृद्द देश नहीं बन सकता श्री डोमाल ने कहा कि निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को बेहतर प्रदर्शन कर के भारत के रणनीतिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाना चाहिए इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरदार पटेल हमेशा ही राष्ट्र की एकता के लिए याद किए जायेंगे उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने जान की बाजी लगाते हुए नौ हजार से लेकर अट्ठारह हजार फूट तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा की है श्री राजनाथ सिंह कल ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी के सत्तावनवें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि आईटी बीपी के जवान विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य को निमाते हैं उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं लगातार सर्दी और हिमपात में भी अपनी जान को जोखिम में डाल कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केन्द्र की सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान वोट के सौदे की राजनीति को ध्वस्त कर के विकास के मसौदे पर आघारित राष्ट्रनीति के साथ काम किया है श्री नकवी कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि एक लम्बे समय से तथाकथित सेक्युतर सिंडिकेट की तुष्टीकरण की राजनीति ने अल्पसंख्यकों विशेष कर मुस्लिमों को सशक्तिकरण से वंचित कर रखा था उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समी के विकास की राह को अपनाया है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ा है श्री नकवी ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में बीजेपी एनडीए की सरकार आठ से बढ़कर बीस राज्यों में पहुंच गई है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अत्यसंख्यक समाज के कल्याण के लिए कई लोकप्रिय योजनाएं चला रखी है अत्यसंख्यक समाज की लड़कियों की शिक्षा के लिए युद्वस्तर पर काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस वर्ष आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के युवा सिविल सर्विसेज में चुने गये हैं जिनमें से इक्यावन मुस्लिम समाज से हैं राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि बेहतर शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा तथा इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है कल जौनपुर में एक शिक्षण संस्थान के वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए श्री नाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में हर दिशा में विकास हो रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में नकल विहीन परीक्षाए कराई जायेगी राज्यपाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बल देते हुए कहा कि आज लड़किया हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को काफी आगे बढ़ाया है उन्होंने कहा कि मृदा परीक्षण कार्यक्रम से किसानों को काफी लाम हो रहा है श्री नाईक ने छात्रों को अच्छा व्यक्ति बनने के मंत्र बताये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों के सम्मानजनक जीवन जीने में विज्ञान की बड़ी भूमिका है श्री योगी कल लखनऊ में वैज्ञानिक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे वैज्ञानिकों को बघाई देते हए उन्होंने आहवान किया कि वैज्ञानिक आम आदमी के जीवन में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से शोघ और तकनीक विकसित करें उन्होंने कहा कि एक समय देश में भीषण खाद्यान संकट था लेकिन विज्ञान के सहारे देश ने नई क्रांति की और खाद्यान में आत्मनिर्मरता हासिल की केन्द्र ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए मौजूदा विधिसम्मत और संस्थागत ढांचे की जांव के लिए मंत्रि समूह का गठन किया है इसके अध्यक्ष गृहमंत्री राजनाथ सिंह होंगे मंत्रि समूह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण तथा महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी शामिल हैं यह समूह तीन महीने के अन्दर महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा और अन्य अपेक्षित उपायों की सिफारिश करेगा इस सिलसिले में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा क्ष हफ्तों से एक बहत बड़ा मुक्मेंट शुरू हो गया है देश में जिसमें औस्तें पहली दफा बात करने लग गई हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है अपने कार्यस्थल पर ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर नेम एंड शेम हो गया फिर उसके बाद क्या तो इसलिए मैं धन्यवाद देती हूं प्रधानमंत्री जी को और राजनाथ जी को कि उन्होंने एक यूप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि नेशनल कमिशन ऑफ वुमैन को कैसे ताकतवर करें श्रीमती मेनका गांधी ने यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं से अपनी शिकायत डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट शीबाक्स डॉट एन आई सी डॉट इन पर दर्ज कराने का आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से व्यथित महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं और एनसीडब्लू डॉट मीटू एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट काम पर मेल भेज सकती हैं लखनऊ में आज से तीन दिक्सीय कृषि कृंम दो हजार अट्ठारह का आयोजन किया जा रहा है प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रॅसिंग के द्वारा इसका शुभारम्भ करेंगे राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कृषि कृष का आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंघान संस्थान तेलीबाग के परिसर में किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इसमें अतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का आयोजन होगा इस मेले में प्रदेशमर के समी जनपदों में एक लाख से अधिक किसान कृषि विशेषज्ञ छात्र तथा कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में तकनीकी सेमिनार में चौदह सत्र निर्घारित किये गये हैं इन संत्रों में इंडो इजराइल पार्टनरशिप एग्रीकल्वर पॉलिसी एण्ड रिफार्म फार हायर एण्ड सस्टेन फारर्मस इनकम इंटीग्रेटेट फार्मिंग सिस्टम और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि के विकास की रणनीति प्रमुख है रीजनल आउटरीच ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाक्यान में कल लखनऊ में छत्रपति शिवाजी सभागार रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज बाब्राज में एक दिवसीय पोषण अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारम्म करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि क्पोषण एक विन्तनीय विषय है और सरकार इसके उन्मूलन के लिए हर समय प्रयास कर रही है

पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की मथुरा में यूनियन बैंक की सौंख चौराहा शाखा में अब ई लॉबी सेवा के अंतर्गत ग्राहकों को साल के तीन सौ पैंसठ दिन और चौबीस घंटे सेवाएं प्राप्त हो सकेंगीं ई लॉबी का शुभारंष यूनियन बैंक के लखनऊ अंचल के क्षेत्रीय महाप्रबंधक लाल सिंह और नयति हैत्थकेयर की चेयरपर्सन नीरा राडिया ने संयुक्त से किया इस अवसर पर श्री लाल सिंह ने कहा कि हमारी शाखा में इस सेवा के शुरू होने से छोट छोटे दुकानदार और व्यापारियों को काफी लाम मिलेगा वे किसी भी समय और किसी भी दिन अपना पैसा जमा करा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं